प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कल लोगों से साझा करेंगे विचार

मुख्यमंत्री राज्य सरकार प्रदेश के विकास के लिए विधायक प्राथमिकता की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी

उन्होंने कहा कि विभिन्न विकासात्मक कार्यों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को तय समय सीमा में पूरा किया जाएगा जयराम ठाक्र ने कहा कि राज्य सरकार का एक वर्ष का कार्यकाल संतोषजनक रहा है और सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं

इस मौके खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार उद्योग मंत्री विक्रम सिंह कृषि मंत्री रामलाल मारकण्डा ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश ध्वाला और वरिष्ठ प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी मौजूद रहे महेन्द्र सिंह प्रदेश सरकार हर विद्यार्थी को घर द्वार के समीप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने लिए प्रतिबध है सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने आज नाचन विधानसभा क्षेत्र की वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला झुंगी के वार्षिक समारोह की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को समूचित मात्रा में पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए सरकार प्रयासरत्त है जिसके लिए अनेक योजनाओं का निर्माण किया जा रहा है इससे पहले महेन्द्र सिंह ने झूंगी पंचायत में पेयजल योजना का उद्घाटन और कुटाहची पंचायत में निर्माणाधीन बिठरी धामिल व हल्याणा पेयजल योजना का शिलान्यास भी किया सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला में राजकीय छात्र आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लालपानी के वार्षिक समारोह की अध्यक्षता की और विभिन्न गतिविधियों में अव्वल रहे विद्यार्थियों को सम्मानित किया इस मौके उन्होंने कहा कि इस विद्यालय को शिक्षा का आदर्श केन्द्र बनाने के लिए सरकार हरसंभव प्रयास करेगी सुरेश भारद्वाज ने कहा कि अध्यापक और अभिभावकों के सांझे प्रयासों से विद्यार्थियों की शिक्षा में संस्कारों का समावेश हो सकता है उन्होंने विद्यार्थियों से नशे की प्रवृति को रोकने के लिए आगे आने का आहवान किया इस बीच सुरेश भारद्वाज ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पोर्टमोर में आयोजित शिक्षा संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता भी की कार्यक्रम में शिक्षा खण्ड शिमला के अध्यापक और विभिन्न स्कूल प्रबंधन समितियों के सदस्यों सहित पंचायत प्रतिनिधि भी मौजूद रहे सरवीण चौधरी शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि राज्य सरकार गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए लगातार प्रयासरत्त है वे आज कांगड़ा जिला की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लंज के वार्षिक समारोह में मुख्यातिथि के रूप में विद्यार्थियों को संबोधित कर रहीं थी उन्होंने कहा कि राष्ट्र के उत्थान में शिक्षा की भूमिका को समझते हए राज्य सरकार शिक्षा क्षेत्र के ढांचागत विकास पर बल दे रही है

नाहन क्षेत्र के दूर दराज गांव नलका में आज किसान जागरूकता शिविर में उन्होंने ये जानकारी दी

उन्होंने कहा कि नाहन इलाके में नीबू प्रजाति के फलों की आपार संभावना हैं और इसके लिए किसानों को जागरूक करने के लिए शिविर लगाए जाएंगे बाद में विधानसभा अध्यक्ष ने मातर पंचायत में मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के तहत पात्र महिलाओं को रसोई गैस कुनैक्शन बांटे इस बीच राजीव बिंदल ने दूर दराज गांव अगड़ीवाला में नए प्राथमिक स्कूल का शुभारंभ भी किया

आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण किया जाएगा प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार के यू ट्यूब चैनलों पर भी यह उपलब्ध रहेगा

कार्यक्रम के तुरंत बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण होगा क्षेत्रीय भाषाओं में यह कार्यक्रम रात आठ बजे फिर सुना जा सकेगा अनुराग ठाकुर सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र को देशभर में शिक्षा का हब बनाया जाएगा जिसकी शुरूआत कर दी गई है हमीरपुर जिले के कुलहैड़ा स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला क उत्सव में उन्होंने ये विचार व्यक्त किए अनुराग ठाक्र ने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के बिलासपुर में हाईड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज ऊना में ट्रीपल आईटी हमीरपुर में तकनीकी विश्व विद्यालय खुल चुका है इसके अलावा हमीरपुर में ही एनआईटी में विद्यार्थियों को उच्च प्रशिक्षण मिल रहा है उन्होंने कहा कि मैडिकल कॉलेज हमीरपुर में एमबीबीएस की कक्षाएं आरंभ हो चुकी हैं वीरेन्द्र कश्यप सांसद वीरेन्द्र कश्यप ने शिमला जिला के गुम्मा में एक निजी स्कूल के वार्षिक समारोह की आज अध्यक्षता की इस मौके उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने ग्रामीण स्तर पर रहने वाले लोगों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं जिनका उन्हें सीधा लाभ मिल रहा है

उन्होंने स्कूल के मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया धुमल पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने आज हमीरपुर जिला के भोरंज स्थित निजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मेधावियों को डिग्रियां प्रदान की इस मौके विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा हब के रूप में विकसित हिमाचल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दूरदर्शी नेतृत्व की झलक दिखाता है

नववर्ष तैयारी नववर्ष के मौके पर प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की आवाजाही को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं

उन्होंने कहा कि यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए शहर के कुछ बंधित व प्रतिबंधित मार्गों पर निजी वाहन पार्क करने की विशेष छूट दी है और ये व्यवस्था एक जनवरी सुबह तक लागू रहेगी

उधर सोलन के अतिरिक्त ज़िला पुलिस अधीक्षक शिव कुमार शर्मा ने बताया कि परवाणू से सोलन तक विभिन्न स्थानों पर जवान तैनात किए हैं और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए विशेष प्लान तैयार किया गया है

इससे प्रदेशभर में ज़बरदस्त ठण्ड पड़ रही है

केलंग से हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि चंद्रभागा नदी के वाम तट पर बसे दर्जनों गांवों में पेयजल समस्या के कारण लोगों को कई किलोमीटर दूर से पानी ढोना पड़ रहा है

निचले मैदानी क्षेत्रों में कोहरा पड़ने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है